अमरीका और भारतीय उद्योगों ने वद्धि को बढ़ावा देने के लिए वित्तमंत्री के उपायों की सराहना की

और जन्माष्टमी का पर्व प्रदेशभर में मनाया जा रहा है श्रद्धा और उल्लास के साथ

वे कुछ समय से बीमार थे उनका अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के गहन चिकित्सा कक्ष में विशेषज्ञ चिकित्सकों के दल की निगरानी में इलाज चल रहा था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अरुण जेटली के निधन पर दुःख व्यक्त किया है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अरुण जेटली के निधन को देश के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है उप राष्ट्रपति ने जेटली को सशक्त बुद्धिजीवी कुशल प्रशासक और निष्ठावान व्यक्ति बताया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अरुण जेटली के निधन पर गहरा द्ःख व्यक्त किया है दवीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि अरुण जेटली विराट राजनेता उच्च् कोटि के विद्वान और विशिष्ट विधिवेत्ता थ

प्रधानमंत्री ने अरुण जेटली की पत्नी और पुत्र से बात करके अपनी संवेदना प्रकट की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जेटली को अर्थव्यवस्था को सुधारने और उसे वापस पटरी पर लाने के लिए हमेशा याद किया जायेगा उन्होंने विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए यहां पर पार्टी संगठन को अपना योगदान दिया है उन पर भारत सरकार में रहकर भी उन्होंने बाखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है मैं बराबर यह कहता रहा हूं कि सचमुच अरूण जेटली जी जैसा व्य्यक्ति पार्टी के लिए एसेट हैं गवर्नेमेंट के लिए भी एसेट हैं और वो देश के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण एसेट हैं गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अरुण जेटली का निधन उनकी निजी क्षति है श्री शाह ने कहा कि उन्होंने न केवल एक वरिष्ठ पार्टी नेता खोया है बल्कि एक पारिवारिक सदस्य को भी खो दिया है

राज्यपाल ने अपने सन्देश में कहा कि अरूण जेटली एक कुशल अधिवक्ता एवं राजनेता थे उन्होंने अनेक भूमिकाओं में देश की सेवा की राज्यपाल ने कहा कि जेटली के निधन से भारतीय राजनीति की अपूर्णीय क्षति हुई है टवीट सन्देश में मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी वक्ता प्रखर अधिवक्ता पूर्व वित्त मंत्री और अपने तक र्स सभी का दिल जीतने वाले अजात शत्र् अरूण जेटली के असामयिक निधन से स्तब्ध हूँ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पूर्व वित्त मंत्री के निधन पर द्ःख व्यक्त किया है उन्होंने अपने सन्देश में कहा कि स्वर्गीय जेटली ने अपना सारा जीवन देश के गरीबों की समृद्धि के लिए समर्पित किया वे एक प्रख्यात विधिवेत्ता लेखक और चिन्तक थे भाजपा के विधान परिषद सदस्य यशवन्त सिंह ने भी अरूण जेटली के निधन पर दुःख व्यक्त किया है भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल और हरीश द्विवेदी ने अरूण जेटली के निधन पर शोक व्यक्त किया है जगदम्बिका पाल ने कहा कि जेटली जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी क साथ साथ भारतीय राजनीति को गहरी क्षति पहुंची है

इसे हासिल करने के लिए सरकार घरेलू और विदेशी स्रोतों से निवेश बढ़ाने के प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि वे संयुक्त अरब अमारात के साथ संबंध और मजबूत करने तथा नये क्षेत्रों में सहयोग के प्रति आशावान हैं दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की अपार संभावनाए हैं प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज संयुक्त अरब अमारात में रुपे कार्ड की शुरूआत की मध्य एशिया में इस सुविधा को शुरू करने वाला संयुक्त अरब अमारात पहला देश हो गया है श्री मोदी को एक विशेष समारोह में सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से सम्मानित किया गया

उन्होंने कहा कि भारत की आर्थिक विंकास दर अमरीका और चीन के मुकाबले अधिक है अमरीका तथा चीन के बीच व्यापार संघर्ष और चीन की मुद्रा के अवमूल्यन के कारण वैश्विक व्यापार की स्थिति बहृत अस्थिर हो गई है भारत की आर्थिके वृद्धि दर कई देशों की तुलना में बहुत ज्यादा है यहाँ तक कि चीन और अमरीका के मुकाबले भी हमारी वृद्धि दर अधिक हैं वित्तमंत्री ने कल तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के कई उपायों की घोषणा की उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं वस्तुओं की मांग में कमी केवल उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में ही नहीं है बल्कि विकसित देशों में भी यही हाल है

अमरीका के उद्योग जगत ने वित्तमंत्री की इन घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे वैश्विक निवेश की दृष्टि से भारत की स्थिति मजबूत होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा घोषित किए गए उपायों से अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी एक ट्वीट मं प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे व्यापार करने में सरलता और मांग में बढ़ोत्तरी होगी

विभिन्न उद्योग और व्यापार परिसंघों ने देश की आर्थिक विकास दर बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत किया है

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डाट ऑल इण्डिया रेडियो डाट जीओवी डाट आई इन पर उपलब्ध रहेगा

इस बारे में आगे की कार्यवाही विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण को सन्दर्भित की गयी है उन्होंन बताया कि इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की आपत्ति या शिकायत विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिकरण दिल्ली हाईकोर्ट में आगामी बीस सितम्बर तक सुबह साढ़े नौ बजे तक की जा सकती है

राज्य के कई हिस्सों में कल भी जन्माष्टमी मनायी गयी श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा और वृन्दावन में आज जन्माष्टमी की धूम है एक रिपोर्ट मथुरा की गलियों रास्तों और मंदिरों को बड़े ही संदर ढंग से सजाया गया है जिससे पूरा वातावरण भव्य और आलौकिक नजर आ रहा है देश और विदेश से आये हुए बड़ी संख्या में भक्तजन अपने आराध्य देव कान्हा के अवतरण का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पूरा शहर धार्मिक उत्साह और उल्लास से भर गया है तथा भक्तों का जनसैलाब सड़कों पर नजर आ रहा है लोगों को उस क्षण का बड़ी व्याकुलता से इंतजार है जब घड़ी की सुईयां आधी रात के बारह बजायेगी और नंदलाल अपनी आंखे खूलेगे जैसे तैसे भगवान के जन्म का समय नजदीक आ रहा है लोगों की बेकरारी और बढ़ती जा रही है भजनों और कीर्तन से पूरा वातावरण गूजायमान है एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ जनमाष्टमी पर ब्रज में तीन दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है जहाँ देश की सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है महोत्सव में मणिपुर बुन्देखण्ड और गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों से आये कलाकार नृत्य और गायन की प्रस्तुति से लोगों का मन मोह रहे हैं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मथुरा में सुरक्षा े कड़े इन्तजाम किये गये हैं लखनऊ के रिजर्व पुलिस लाइन में कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका उद्घाटन राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया

गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्माष्टमी पर गोरखनाथ मन्दिर में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में सम्मिलित हुए इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान कृष्ण का बाल स्वरूप धर्र नन्हे बच्चों को प्रस्कृत किया